ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर तथा एआईआर न्यूज वेबसाइट डब्लयू डब्लयू डब्लयू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डाट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप पर प्रसारित होगा पीएम केयर्स प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आपातकाल में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष पीएम केयर्स बनाने की घोषणा की है

प्रधानमंत्री स्वयं इस न्यास के अध्यक्ष होंगे इसके सदस्यों में रक्षा मंत्री गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं

इस कोष में छोटी राशि भी दान दी जा सकेगी जिससे बड़ी संख्या में लोग योगदान कर सकेंगे

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना वायरस का अभी तक कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि गत दिनों टांडा मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति की कोरोना वायरस से मृत्यु हो गई थी उसके संपर्क में आए सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है उन्होंने आश्वासन दिया कि लोगों को किसी भी तरह की असुविधाओं का सामना न करना पड़े इसके लिए सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की जा रही है उन्होंने प्रदेश में कार्य कर रहे प्रवासी मज़दूरों से प्रदेश में ही रहने का आग्रह किया इसके अलावा उन्होंने बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ व चंडीगढ़ सहित अन्य राज्यों में रह रहे प्रदेश के लोगों से अपील की कि वे जहां हैं वहीं रहें ताकि कोरोना वायरस के संकमण से लड़ा जा सके जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों तक आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए कुछ स्थानों पर होम डिलिवरी की व्यवस्था भी शुरू की जा चुकी है और अन्य स्थानों पर भी इसे शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है मुख्यमंत्री अपील इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनता से अपील की है कि वे कोरोना वायरस के संकट के चलते कर्फ्यू में दी जा रही ढील का गलत फायदा न उठाएं तथा अपने घर के नज़दीकी दुकानों से ही जरूरी सामान खरीदकर इन परिस्थितियों से निपटने में सहयोग करें

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है घर लौटने को छटपटा रहे हिमाचल में फंसे चार लाख प्रवासी कामगार सोलन के औद्योगिक क्षेत्र बीवीएन समेत सिरमौर ऊना में फंसे हैं तीन लाख कई घरों को लौट रहे पैदल दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है चार पांच दिन मुश्किल भरे रखें सहयोग अमर उजाला के शब्द हैं सूबे में चार से पांच दिन पूर्ण प्रतिबंध राज्य के भीतर व बाहर जाने पर रहेगी पाबंदी हिमाचल दस्तक के अनुसार अभी सील रहेगा हिमाचल का बॉर्डर दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है लॉकडाउन के दौरान सूवे में नहीं होगा खाद्यान का संकट

दैनिक जागरण के मुताबिक टांडा में भर्ती युवक की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव दिव्य हिमाचल के अनुसार युवक की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव दोनों परिवारों के सदस्यों को भी कोरोना नहीं

प्रदेश के पांच जिलों में आज से ऑनलाईन बनेंगे कफ्यू पास शीर्षक से अमर उजाला लिखता है जिला प्रशासन और पुलिस ने लोगों के लिए जारी किए व्हट्सएप नंबर

नमस्कार